निर्वाचन में साक्षर व्यक्ति भी पात्र होंगे वहीं निःशक्त व्यक्ति के निर्वाचित नहीं होने की रिथिति में संबंधित पंचायतों में निःशक्त व्यक्ति को नामांकित किया जा सकेगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई संशोधन विधेयक को विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा त्रिस्तरीय पंचायतों में पहले शैक्षणिक योग्यता के संबंध में पंच पद के लिए पांचवीं और पंच से ऊपर के पद के लिए आठवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य था अब त्रिस्तरीय पंचायतों में केवल साक्षर होने पर ही निर्वाचन के लिए पात्रता के संबंध में पंचायत राज अधिनियम में संशोधन का निर्णय लिया गया है इसी तरह पंचायतों में निर्वाचन के बाद निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर वहां निःशक्त व्यक्ति को नामांकित किया जाएगा इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में दो नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया इनमें महात्मा गांधी के नाम पर उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय तथा रायगढ़ में स्वर्गीय नंदकुमार पटेल के नाम पर नए विश्वविद्यालय की स्थापना शामिल हैं

वहीं आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति दो हजार उन्नीस में भी संशोधन का निर्णय लिया गया है चिटफंड कार्रवाई प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही इन कंपनियों से धोखाधड़ी के शिकार लोगों की धन वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ चार सौ तीन प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है बिलासपुर सिविल लाइन थाने में दर्ज प्रकरण में दो लाख अस्सी हजार रूपये की राशि वापस कर दी गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनियों के प्रबंधकों और संचालकों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने और अभिकर्ताओं के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की वापसी के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए गए बैठक में बताया गया कि दर्ज किए गए प्रकरणों में संचालक के खिलाफ तीन सौ उनयासी और पदाधिकारियों के खिलाफ एक सौ अड़तालीस प्रकरण शामिल हैं एक सौ चौव्वन प्रकरणों में संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जा रही है

जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बुरकापाल इलाके में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम सर्चिंग पर निकली थी इसी दौरान माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें दो माओवादी मारे गए मौके से बारह बोर की दो रायफल बरामद की गई है वहीं फूलबगड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुल्लेर के माड़ोपारा में हुई मुठभेड़ में भी एक माओवादी मारा गया है मौके से एक पिस्टल और वायरलेस सेट बरामद किया गया है इसके अलावा पुलिस ने तिमेलवाड़ा से तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया है पिछले दिनों जिले के केरला इलाके में हुई मुठभेड़ में घायल एक इनामी माओवादी को आज जगदलपुर कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया मुख्यमंत्री बीजापुर जगदलपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बीजापुर प्रवास के दौरान करीब दो सौ इंक्यानवे करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमिपुजन किया इस अवसर पर उन्होंने जिला चिकित्सालय बीजापुर में सिटी स्कैन मशीन इकोकार्डियोग्राफी एक्स रे और सोनोग्राफी सुविधा की शुरूआत की मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उसूर और गंगालूर के लिए दो नई एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को पटटा और साम्रगी का वितरण किया मुख्यमंत्री आज जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए और उन्होंने महारानी अस्पताल के नवीनीकृत आपातकालीन आईसीयू तथा ओपीडी कक्ष का लोकार्पण किया

केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों के शासकीय स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए योजना बनाई है इसके लिए निष्ठा नाम से पोर्टल भी तैयार किया गया है राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को समान रूप से बेहतर बनाने के लिए शिक्षक अभ्यास और मूल्यांकन में मानकों की आवश्यकता है दंत अस्पताल आगजनी जांच राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में दंत रोग के लिए निजी अस्पतालों को स्वीकृत करीब चौसठ करोड़ रूपए की राशि की जांच के लिए प्रमुख सचिव रेण् जी पिल्ले की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय अंतर्विभागीय जांच समिति गठित की है वहीं राजधानी रायपुर के डंगनिया स्थित छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल के मुख्यालय में बीते तेरह नवंबर को आग लगने की घटना की जांच के लिए गृह विभाग के प्रमुख सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में तीन सदस्थीय अंतर्विभागीय जांच समिति बनाई गई है दोनों समितियों को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने कहा गया है बंशीलाल महतो निधन कोरबा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता बंशीलाल महतो का आज निधन हो गया वे उनयासी वर्ष के थे डॉक्टर महतो लंबे समय से बीमार थे और उनका इलाज हैदराबाद में चल रहा था

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर महतो के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है उन्होंने डॉक्टर महतो के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है अवैध धान परिवहन कार्रवाई प्रदेश में समर्थन मुल्य पर खरीदी शुरू होने से पहले धान के अवैध परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है इसी कड़ी में सूरजपुर जिले में प्रशासन द्वारा करीब साढ़े छह सौ क्विंटल अवैध धान जब्त कर बारह प्रकरण दर्ज किए गए हैं जबकि जशपुर जिले में अब तक करीब तीन हजार क्विंटल धान जब्त कर दस वाहनों पर कार्रवाई की गई है इसी तरह राजनांदगांव जिले में लगभग साढ़े चार हजार क्विंटल धान सहित चना सोयाबीन कोदो और अलसी की भी जब्ती की गई है इसके अलावा अन्य जिलों से भी बड़ी मात्रा में अवैध धान और उसके परिवहन में लगे वाहनों को जब्त किए जाने के समाचार मिले हैं मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

मन की बात प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा दुर्घटना राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विकासखंड के ग्राम पासलखैरा के पास बीती रात ट्रैक्टर के पलटने से तीन लोगों की मौत हो गई ये सभी लोग खपरी कला से ट्रैक्टर में सवार होकर खेत की जोताई करने जा रहे थे इसी दौरान पासलखैरा के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया जिसमें दबने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में सुकमा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ में भी रेडियो संग्रहालय की स्थापना किए जाने का सुझाव दिया

इस दौरान विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेलकूद होंगे